इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है उन्होंने सम्पूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा का संचार किया प्रघानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के श्मारम और ग्जरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा के शुरूआत के अवसर पर जन समूह को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ का मतलब पचहत्तर विचार पचहत्तर उपलक्षियां और पचहत्तर कार्यो तथा संकल्पों से है जो हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढने की प्रेरणा देंगे श्री मोदी ने कहा कि नमक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि हमारे जीवन मृत्यों और आत्म सम्मान के अतिरिक्त अंग्रेजों ने नमक पर भी हमला किया प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विकास से दुनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा जब हम गुलामी के उस दौर की कत्पना करते हैं जहां करोड़ो करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी के सुबह का इंतजार किया

इस पर्व में शास्वत भारत की परंपरा भी है स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है अमृत महोत्सव के कार्यक्रम प्रदेश के उन चार ऐतिहासिक स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से जुडे रहे हैं यह स्थान है बलिया में शहीद स्मारक लखनऊ के काकोरी रिथित शहीद स्मारक स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ और झांसी में मौजूद ऐतिहासिक झांसी का किला और दीनदयाल सभागार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए बलिया जिले में आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन हआ कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समारोह का शुभारम बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही विशिष्ट अतिथि राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी तथा आनंद स्वरूप शक्ल ने किया

झांसी के ध्यानचंद स्टेडियम से आज अमृत महोत्सव की शुरूआत साईकिल यात्रा से हई जो झांसी रानी के किले पर जाकर सम्पन्न हुई ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह ने आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के प्रतीक पचहत्तर गुबारे उड़ाकर वर्षगांठ का श्मारम्भ किया इसके बाद पंडित दीनदयाल सभागार से आजादी के अमृत महोत्सव का श्भारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चअल माध्यम से किया अमृत महोत्सव आज मेरठ की क्रांति धरा पर ध्रमधाम से मनाया गया कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम से केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास राज्यमंत्री डॉ संजीव कुमार बालियान ने पचहत्तर साइकिल सवारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रदेश के अन्य जिलों से भी अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार हैं

इस अवसर पर विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति लाने के लिए राष्ट्र के विकास के लिए संकल्पबद्द होकर कार्य करें कृषि विश्वविद्यालय शिक्षण एवं शोध कार्यो के साथ साथ शोध उपलब्धियों को किसानों तक पहचाने और उन्हें प्रेरित भी करें इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर राकेश चन्द्र अग्रवाल प्रदेश के कृषि एवं शिक्षा अनुसंधान राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत विश्वविद्यालय के क्लपति डॉक्टर वीरेन्द्र सिंह सहित गण्यमान्य लोग भी उपस्थित थे